मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा देश के नये मुख्य चुनाव आयुक्त बन गये हैं उन्होंने आज सुबह कार्यभार संभाला

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में उनका कार्यकाल ढाई वर्षों का होगा और अगले वर्ष के आम चुनाव उनकी देखरेख में ही कराए जाएंगे कार्यभार संभालने के बाद श्री अरोड़ा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता देश में भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराना है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री अरोड़ा सूचना और प्रसारण मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में सचिव के अलावा इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर भी कार्य कर चुके हैं

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कांताराव ने आज भोपाल में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि भोपाल ही नहीं प्रदेश में सभी स्ट्रांग रूमों में रखी ईवीएम पूरी तरह सैफ सिक्योर और सील बन्द हैं इंदौर में नेहरू स्टेडियम में बनाये गये स्ट्रांग रूम में तीन स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है कलेक्टर कार्यालय में कल हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में ईवीएम तथा वीवीपैट की सुरक्षा को लेकर बताया गया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ एसएएफ तथा पुलिस बल द्वारा तीन स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है बैठक में अपर जिला कलेक्टर निधि निवेदिता ने स्ट्रांग रूम के संबंध में निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों की जानकारी दी

उधर सतना में मतगणना स्थल पर बनाये गये स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में आईटीबीपी और प्रदेश पुलिस के जवान तैनात हैं

हालांकि रबी के लिए पंजीयन जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू होगा कल भोपाल स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई खाद्यान्न उपार्जन और उर्वरक वितरण की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई इस मौके पर उपार्जन के लिये बनाये गये केन्द्र उनमें की गई व्यवस्थाओं तथा उर्वरकों के भंडारण की भी जानकारी दी गई

वहीं गेहूं की बोनी अभी चल रही है

विश्व दिव्यांग दिवस कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस का विषय दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना और समावेश तथा समानता सुनिश्चित करना रखा गया है इस अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा भोपाल में आंगनवाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है इसमें शामिल होने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस बात का प्रशिक्षण दिया जायेगा कि वह दिव्यांग लोगों के लिये किस तरह सहायता करें सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर शहर में भी दिव्यांगजनों की खेल कृद प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी वहीं विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कल आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थिति पुरानी कृषि उपज मंडी में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जायेगा

मुख्य चुनाव पदाधिकारी व्हीएल कांताराव को सौंपे एक ज्ञापन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया है कि ईवीएम मशीनों को जिला स्तर पर बनाये गये स्ट्रांग रूम में रखे होने के बावजूद उनमें छेड़छाड़ की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से इस दिशा में सख्त कदम उठाने का आग्रह किया वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचोरी ने आज भोपाल में पुराने जल परिसर पहुंचकर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को देखा इस दौरान श्री पचोरी ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को और बेहतर बनाने की मांग की श्री पचोरी रायसेन जिले की भोजपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं उधर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की शंकाओं पर कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा है कि कांग्रेस चुनाव परिणाम आने से पहले ही हार स्वीकार कर चुकी है

श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस मामले में गलत बयान बाजी कर देश की संवेधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं शिवराज दावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में फिर से भाजपा की सरकारें बनेंगी श्री चौहान आज राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिये पहुंचे थे इस दौरान उन्होंने वैर खानपुर बकानी और मोहर थाना में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की मुख्यमंत्री ने राजस्थान की भाजपा सरकार के काम की तारिफ करते हुए कहा कि जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकारे हैं वहां तीव्रगति से विकास हुआ है

इस अवसर पर भोपाल के बरकतउल्ला भवन में एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है गैस राहत एवं पुर्नवास विभाग द्वारा आयोजित इस प्रार्थना सभा में त्रासदी में मारे गये लोगों को श्रद्धांजली दी जायेगी वहीं भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति ने भी कल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के करीब श्रद्वांजली सभा का आयोजन किया है इस दौरान भोपाल गैस पीड़ितों की मांग पत्र पर चर्चा की जायेगी

इस घटना में हजारों लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे इस हादसे को मानव इतिहास की सबसे भीषण औद्योगिक घटनाओं में से एक माना जाता है

यह शिविर जिला चिकित्सालय सहित जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयोजित किये जायेंगे कल तीन दिसम्बर को शिवपुरी पिछौर सतनवाड़ा करेरा नरवर और कोलारस में नसबंदी शिविर लगाये जायेंगे जिला चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पुरूष एवं महिला नसबंदी को बढ़ावा देने के लिये यह शिविर आयोजित किये जायेंगे

प्रदेश को पहली बार इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ईवेंट की मेजबानी का मौका मिला है

इसके पहले एडवेंचर नेक्स्ट का आयोजन जॉर्डन में हुआ था

मैराथन के जरिए क्लिन एवं ग्रीन भोपाल अंगदान और सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया

इनके पास से एक देशी कट्टा और दो जिन्दा कारतूस मिले हैं